ये पुरस्कार पिछली फसल में बेहतर कृषि पैदावार के लिये दिये जाएंगे होशंगाबाद जिले की दो महिला किसान कंचन वर्मा और शिवलता मेहतो भी इस कार्यक्रम में सम्मानित की जायेंगी श्री नरेन्द्र मोदी दिसंबर फरवरी अवधि के लिये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के अंतर्गत देशभर के आठ करोड़ किसानों के लिये धन भी जारी करेंगे शाम को वे रक्षा अनुसंधान विकास और संगठन देखने जाएंगे

सहकारिता संगोष्ठी सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह आज भोपाल स्थित मिंटो हाल में सहकारिता संगोष्ठी का श्भारंभ करेंगे इफको द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कृषि विकास में सहकारिता का योगदान विषय पर चर्चा की जायेगी एक दिवसीय संगोष्ठी में इफको के प्रबंध निदेशक उदयशंकर अवस्थी और अन्य अधिकारी भी भाग लेंगे वहीं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ की बैठक कल भोपाल में आयोजित की जायेगी इसमें संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे आंगनबाड़ी कटनी में महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बच्चों के साथ भोजन कर विश्वास कार्यक्रम की शुरूआत की इसके अंतर्गत जिला स्तर के अधिकारियों के साथ ही परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से सप्ताह में एक बार बच्चों के साथ भोजन करने को कहा गया है

कार्यक्रम का मुख्य उद्वेश्य साझा चल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के साथ ही बच्चों में भोजन के प्रति रूचि जाग्रत करना है

देश भर में पोंगल मकर संक्रांति लोहडी ओणम और अन्य त्योहारों के कारण इस कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया गया है

हनुमंतिया महोत्सव मुख्यमंत्री कमलनाथ कल खंडवा जिले में हनुवंतिया जल महोत्सव का श्भारंभ करेंगे राज्य पर्यटन निगम द्वारा ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिला कलेक्टर ंतन्वी सुन्द्रियाल ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर कल खंडवा में अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों को सैलानियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर एलईडी टीवी लगाने और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने को कहा

ये आधार सेवा केंद्र सप्ताह में सातों दिन खुले रहते हैं और इनमें रोजाना पंजीकरण और नवीकरण के एक हजार आवेदनों को निपटाया जाता हैं

प्रशिक्षण शिविर देश में महिलाओं को स्वयं की सुरक्षा करने के तरीके सिखाने के लिये आज से ग्वालियर में चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होगी इस आयोजन से जुड़े प्रशिक्षक सेन्सुई अनूप साव ने पत्रकारों को बताया कि यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें सहयोग करे तो वे वहां भी बेटियों को सुरक्षा का प्रशिक्षण देंगे

कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि इंदौर देवास उज्जैन धार रतलाम मंदसौर खरगोन जिले में बिजली की सबसे ज्यादा मांग बनी हई हैं इसमें सबसे ज्यादा कृषि पंप के अलावा औद्योगिक मांग गैर घरेलू और घरेलू मांग हैं इस कारण बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है

रबी बोवनी इंदौर जिले में इस मानसून सत्र में बेहतर वर्षा और किसानों के लिए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से रबी के रकबे में बढोतरी हुई है

इंदौर जिले में कृषि विभाग कम लागत में अधिक उत्पादन की योजना बनाकर कार्य कर रहा है किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद बीज सहित अन्य कृषि आदान उपलब्ध कराये जा रहे है मौसम ठंड प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और घना कोहरा छाये रहने के साथ ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है राजधानी भोपाल में भी कल पूरे दिन बादल छाये रहे हालांकि न्यूनतम तापमान में मामूली वद्वि हई कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली शताब्दी सहित कई टेने देर से चली

सिवनी में कल में शाम से तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश हई

उमरिया जिले ँकी चंदिया तहसील में बारिश के साथ ओले गिरे हैं जिले में ठंड के कारण तीन जनवरी तक स्कूलों में छट्टटी घोषित कर दी गई है

इस केन्द्र में बुजुर्गो के लिए पुस्तकालय टेलीविजन और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है

जिसमें सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा गया है

जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कलाकार शामिल होंगे

जिसमें विभिन्न सैनिक पदों के लिए परीक्षा होगी इसमें ग्वालियर सहित प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के कई जिलों के युवा भाग ले सकेंगे